भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और आगामी लोक सभा चुनाव में बिहार में सभी सीटों पर गठबंधन को जीत हासिल होगी पटना में भाजपा की विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि विपक्ष एनडीए में फूट की अफवाह फैला रहा है उन्होंने कहा कि भाजपा इस बात को जानती है कि गठबंधन के सहयोगियों के साथ किस प्रकार समन्वय बनाकर रखना है श्री शाह ने कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को हटाना चाहती है

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को सत्ता के सपने देखना बंद कर देना चाहिए उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की एकजुटता के बावजूद एनडीए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले लोक सभा चुनाव की तरह ही जीत हासिल होगी श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की जातिवाद परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति के भ्रम को तोड़ दिया है और अब देश में विकास और गरीबों के कल्याण की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है इससे पूर्व श्री शाह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की दोनों दलों के कई नेता इस अवसर पर मौजूद रहे सूत्रों ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है श्री शाह अभी पार्टी की चुनाव तैयारी समिति की बैठक में भाग ले रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है भाजपा अध्यक्ष के सम्मान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब से थोड़ी देर बाद रात्रि भोज का आयोजन किया है इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिये सीटों के बंटवारे को लेकर विचार विमर्श की संभावना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर महिलाएं सामाजिक बुराइयों को दूर करने में कारगर भूमिका निभा सकती हैं श्री मोदी आज विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी देश भर की एक करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि महिलाएं उद्यमशील होती हैं और उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें तो बस काम करने का अवसर चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें अपनी क्षमता योग्यता और कुशलता समझने का मौका दिया जाए साउंड बाईट महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती हैमहिलाओं को स्वयं की शक्तियों को अपनीयोग्यता को अपने हनर को पहचानने काअवसर उपलब्ध हो हमारी माता बहनों कोअवसर मिल जाता है वो कमाल करके दिखा देती हैँ श्री मोदी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण इलाकों में आर्थिक सम्पन्नता का आधार बन रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने दो हजार चौदह के बाद से प्राथमिकता के आधार पर बीस लाख स्वयं सहायता समूह बनाए हैं और दो करोड़ पच्चीस लाख से ज्यादा परिवार इन समूहों से जुड़े हुए हैं

एक तरहसे पांच करोड़ परिवारों के लिए एक और कमाने वाले व्यक्ति काइजाफा हुआ है जिससे एक और इनकम का सोर्स तैयार हुआ है संवाद के दौरान महिलाओं ने भी अपनी प्रेरक और भावपूर्ण कहानियां सुनाई और बताया कि स्वयं सहायता समूहों ने उनका जीवन सुधारने में मदद की है प्रधानमंत्री के साथ संवाद में खगड़िया जिले के गंगौर प्रखंड की अमृता देवी ने अपनी उद्यमिता की कहानी साझा की उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरह जीविका समूह के माध्यम से उन्होंने मक्के की खेती और उसके विपणन से अपने और समूह से जुड़ी अन्य महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाया है प्रधानमंत्री ने अमृता देवी के प्रयासों की सराहना की केन्द्र सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने वाली आयुष्मान भारत योजना के तहत आधार संख्या की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने बताया कि सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ देगी स्वास्थ्य मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण मीडिया में आई उन खबरों को देखते हुए दिया गया है जिसमें कहा गया था कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है

बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई इस महीने की इकतीस तारीख को होगी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों बिहार सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य सभी पक्षों की दलीलों पर सुनवाई पूरी कर ली है गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था न्यायालय के इस आदेश को राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि दो बालिगों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध को अगर अपराध के दायरे से बाहर किया गया तो एलजीबीटी समुदाय के लोगों से संबंधित कई मसले जैसे सामाजिक कलंक और भेदभाव खूद ही हल हो जाएंगे भारतीय दंड संहिता की धारा तीन सौ सतहत्तर के तहत दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखे जाने के बारे में कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह भी कहा कि भारतीय समाज में वर्षों से इस समुदाय के लोगों के बारे में भेदभाव का माहौल बनाया गया है पूर्व मूख्यमंत्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा की जयंती के अवसर पर आज पटना के एसके प्ररी स्थित चिल्ड्रेन पार्क में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की इधर सत्येन्द्र नारायण सिन्हा स्मारक समिति की ओर से एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित जयंती समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत शक्ति सिंह गोहिल सदानंद सिंह निखिल कुमार कौकब कादरी और मदन मोहन झा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ गया है मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक तेज धूप की संभावना जतायी है सोलह जुलाई के बाद प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है इधर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश की अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है लगभग सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे है हालांकि कोसी नदी बसुआ और बलतारा में अभी भी खतरे के निशान के आसपास बनी हुई है वहीं अधवारा समूह की नदियां कमतौल में बागमती नदी बेनीबाद में गंडक डुमरिया घाट में और घाघरा नदी दरौली में लाल निशान के करीब है मुजफ्फरपुर जिले के बरियार ओपी क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से दो सौ तैंतालीस कार्टन शराब बरामद की है ट्रक पर पहले से मौजूद दो चौकीदारों को गिरफ्तार किया गया है वहीं मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी नगर घाट पर पुलिस ने दो सौ अस्सी बोतल शराब बरामद की है इधर शेखपुरा से दो और अररिया से एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी हुई है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने आज गया में हज यात्रियों के लिये की जा रही तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की पूर्णिया जिले के मरंगा थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है दरभंगा के एक सरकारी स्कूल में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है वहीं मामले को दबाने के आरोप में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका इंद्रा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी शिक्षक सत्येन्द्र कुमार सिंह की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जन प्रतिनिधियों को जागरूक करने के लिये बेगूसराय में आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया नालंदा जिले के परबलपुर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में अपराधियों ने पिलीच पंचायत के ग्राम सेवक की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने हत्या का कारण भूमि विवाद बताया है कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के गौरार गांव के पास एक कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया मुजफ्फरपुर के चर्चित बिजली सहनी हत्याकांड में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा एनडीए पूरी तरह है एकजुट